प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामित्व योजना का शुभारम्भ करेंगे इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के लगभग छह लाख बासठ हजार गांवों के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे इस योजना से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा जो उन्हें सशक्त बनाएगा इसके माध्यम से वे बैंक लोन सहित कई वित्तीय सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे प्रधानमंत्री ने टिवटर पर अपने एक सन्देश में कहा है कि कल का दिन ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है यह योजना करोड़ों भारतीयों के जीवन में मील का पत्थर साबित होगी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

केंद्र ने कहा है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दण्ड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए परामर्श के अनुसार कानून में पुलिस थाने के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में जीरो एफआईआर दायर करने का भी अधिकार दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत का हाल जानने रांची के एक निजी अस्पताल पहंचे उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता भी मौजूद थे इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को श्री महतो के बेहतर इलाज के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा मंत्री को बेहतर इलाज के लिए रांची से बाहर भी ले जाने की कोशिश गयी लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया बेरमो विधानसभा उपच्नाव को लेकर बोकारो जिले के उपायुक्त राजेश सिंह और पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने आज कई बूथों का जायजा लिया अधिकारियों ने उन बूथों की भी जानकारी ली जहां पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत कम था इस क्रम में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त ने क्षेत्र में ग्राम सभाओं का आयोजन करने और मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ सके

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघ्वर दास ने आरोप लगाया है कि उनकी सरकार के समय शुरू की गयी विकास की कई योजनाए वर्तमान सरकार में ठप पड़ गयी हैं श्री दास आज दुमका जिले के मसलिया में आयोजित महिला चौपाल को सम्बोधित कर रहे थे

श्री दास से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की गढ़वा जिले में मजदूरों का पलायन रोकने के लिये ग्रामीण विकास विभाग ने विशेष अभियान शुरु किया है इसके तहत लंबित योजनाओं को पूरा करने के साथ ही नयी योजनाएं भी शुरू की गई हैं

रांची में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरावं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए डॉ उरांव ने आरोप लगाया कि नए कानून के तहत भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया है जिससे जमाखोरी बढ़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज पटना में गंगा नदी के किनारे जनार्दन घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनकी आखिरी यात्रा पटना स्थित उनके निवास श्रीकृष्णपूरी से शुरू हुई हजारों लोग दलितों और उपेक्षितों के नेता को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र से पूलिस ने एक सौ अठारह किलो डोडा यानि अफीम की भूसी के साथ सात तस्करों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पुलिस ने एक वाहन और चार मोबाइल फोन भी बरामद किये हैं

वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है

मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में सोलह अक्टूबर तक गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जतायी है विभाग के अनुसार रांची बोकारो गुमला हजारीबाग खूंटी और रामगढ़ जिले में अगले दो दिनों तक बारिश और वज्रपात की संभावना है आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने मध्य एशिया में प्रवासी पक्षियों के आने जाने के उड़ान मार्गो के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है